उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया

संक्रमितों की संख्या बढ़कर इकहत्तर हजार सात सौ चौरानवे हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया बाईट पीएम इस कॉनक्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिशी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्पलीमेन्टेशन भी होगा शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नये भारत के निर्माण की नींव रखेगी

पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य एक बेहतर इन्सान तैयार करना है उन्होंने नई शिक्षा नीति पर प्रश्नों और संदेहों का स्वागत किया उन्होंने कहा कि अब छात्रों को अपना पाठ्यक्रम बदलने की सुविधा होगी और उच्च शिक्षा पर कोई बंधन नहीं होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि जिज्ञासा चर्चा और विमर्श आधारित शिक्षा पूरी शिक्षा नीति को मजबूत करेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित पश्चिम चंपारण जिले का हवाई सर्वेक्षण किया श्री कुमार ने वाल्मीकिनगर गंडक बराज और पिपरा पिपरासी तटबंध तथा बगहा शहर में किये जा रहे सुरक्षात्मक कार्यों का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में तेजी लाने तथा राहत और बचाव कार्य यूद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिये इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री दरभंगा पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है सोलह जिलों की एक सौ चौबीस प्रखंडों की ग्यारह सौ पचासी पंचायतों की इकहत्तर लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है इधर नेपाल में अगले चौबीस घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है जिससे बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने की आशंका है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस टीमों की मदद से राहत और बचाव अभियान जारी है अब तक पांच लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है प्रभावित क्षेत्रों में छह राहत शिविर और चौदह सौ से अधिक सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से डेढ़ लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है वहीं चनपटिया प्रखंड अंतर्गत जैतिया पंचायत के तुलाराम घाट पर सिकरहना नदी के तटबंधों में लगातार कटाव हो रहा है जिससे लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं शहरी क्षेत्र के अधिकांश मुहल्ले बाढ़ की चपेट में आ गये हैं

नगर निगम द्वारा मोटर पम्प लगाकर पानी निकासी की जा रही है साथ ही लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा शुभंकर पुर रतनोपट्टी और बाजितपुर में नाव चलवाने की बात कही गयी है जिलाधिकारी ने स्थानीय विधायक महापौर और वार्ड आयुक्तों के साथ बैठक कर प्रभावित परिवारों की सूची बनाने के निर्देश दिये हैं वहीं जिले के केवटी सिंहवाड़ा हनुमाननगर और हाया घाट प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मणिकांत झा समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है

वहीं बैती नदी का पानी टभका और किशनपुर समेत कई गांव के निचले इलाकों में फैल रहा है कोसी कमला करेह बागमती और गंडक नदी के तेज बहाव से छत्तीस पंचायतों के एक सौ से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं इधर बाढ़ को देखते हुए समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर अगले आदेश तक रेल परिचालन रोक दिया गया है

गंडक नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने के कारण गोपालगंज जिले में बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है देवापुर में टूटे रिंग बांध से बहाव रोकने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंता लगातार जुटे हुए हैं इधर सारण और सिवान में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है सारण के मांझी प्रखंड के इमदपुर बिंदटोली के पास दाहा नदी के बांध में लगातार कटाव जारी है वहीं मढ़ौरा प्रखंड के कई नये गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गये हैं रसूलपुर पावर ग्रिड में पानी आ जाने से जिले के कई प्रखंडों में बिजली आपूर्ति ठप्प हो गयी है सिवान जिले के नया गांव स्थित स्लुईस गेट के क्षतिग्रस्त होने से कई नये गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है मधुबनी जिले के सुक्की के पास कमला नदी के पश्चिमी तटबंध में लगातार कटाव हो रहा है वहीं बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में धौंस नदी के पानी से कई गांव प्रभावित हुए हैं खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओलापूर तेतराबाद के पास ब्रूढ़ी गंडक नदी के क्षतिग्रस्त तटबंध को ठीक कर दिया गया है जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा तत्काल टल गया है सहरसा जिले के बनमा इटहरी में कोसी नदी का पानी आ जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सुपौल और किशनगंज जिले में भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के रिकॉर्ड तीन हजार छह सौ छियालीस मामले सामने आये हैं एक दिन में पॉजिटिव मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है संक्रमितों की संख्या बढ़कर इकहत्तर हजार सात सौ चौरानवे हो गयी है आज सबसे अधिक पांच सौ छियासठ मामले पटना से सामने आये हैं कटिहार से दो सौ ग्यारह पूर्वी चंपारण से एक सौ अठासी नालंदा से एक सौ पैंसठ बांका से एक सौ अठाईस वैशाली से एक सौ पच्चीस भागलपुर से एक सौ चौबीस पश्चिम चंपारण से एक सौ अठारह रोहतास से एक सौ चौदह सीतामढ़ी से एक सौ तेरह मुजफ्फरपुर से एक सौ नौ पूर्णिया से एक सौ चार और समस्तीपुर से एक सौ पांच मामलों की पुष्टि हुई है अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि एक दिन में इकहत्तर हजार पांच सौ बीस नमूनों की जांच हुई है पिछले चौबीस घंटों में दो हजार चार सौ पैंतालीस मरीजों को उपचार के छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर छियालीस हजार दो सौ पैंसठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौंसठ दशमलव चार चार प्रतिशत है वहीं पिछले चौबीस घंटों में बारह मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार सौ हो गया है कटिहार सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डी एन पौददार का कोविड उन्नीस से निधन हो गया वे पटना एम्स में इलाजरत थे वहीं मनिहारी के चिकित्सक कफील इकबाल की भी कोरोना से मौत हो गयी है नालंदा जिले के राजगीर के अनुमंडल पदाधिकारी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं

बेगूसराय जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल और परसों नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है इस अवधि में सिर्फ आवश्यक वस्तुएं की दुकानें खुलेंगी वहीं जिले के बखरी के सोनवा स्थित क्वारेंटीन सेंटर में एक मजदूर की मौत के मामले पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी

यह नासिक रोड मनमाड जलगाँव भुसावल बुरहानपुर खंडवा इटारसी जबलपुर सतना कटनी मानिकपुर प्रयागराज छिवकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर में रुकेगी अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली यह ट्रेन कल दानापुर पहुंचेगी ट्रेन से अंगूर और प्याज आ रहा है वहीं वापसी में यह ट्रेन बिहार से मखाना मछली और सब्जी लेकर महाराष्ट्र जायेगी इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान रेल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी और इससे किसानों का सामान आसानी से देश के कोने कोने तक पहुंचेगा कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इस रेलगाड़ी के परिचालन से किसानों को अपने उत्पाद एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आसानी होगी

हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने उद्देश्य से प्रतिवर्ष यह दिन मनाया जा जाता है इस अवसर पर भागलपुर और गया सहित हथकरघा उद्योग से जुड़े शहरों में समारोह आयोजित किये गये भागलपुर के बुनकरों ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से इस क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जगी है

उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया

संक्रमितों की संख्या बढ़कर इकहत्तर हजार सात सौ चौरानवे हुई